हये केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बेहद उपयोगी सिदध होंगे हरियाणा में कपास की खरीद एक अक्तुबर को शुरू होगी

स्वस्थ होने वालो मरीज़ों की दर में वृदधि दर्ज की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नये कषि कानूनों पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे है

किसानों को उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का विश्वास दिलाते हये उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को जनता के बीच में झूठ फैलाने से बचना चाहिए प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा कि विपक्ष को ये डर है कि बिचोलियां खत्म करने से काला धन भी खत्म हो जायेगी उन्होंने कहा कि तीन नये कृषि कानून का मकसद किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की आज़ादी देना है केन्द्रीय जलशक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे आज पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों को अपनी उपज मंडी के साथ साथ मंडी के बाहर भी बेचने का विकल्प मिलेगा और किसान व्यापारियों या किसी कंपनी के साथ ठेकर करके देश के किसी भी कोने में अपनी फसल बेच सकता है श्री कटारिया ने कहा कि ये कानून किसानों की आमदनी द्दगनी करने बिचौलियो से मुक्ति दिलाने और कर से निजात दिलाने वाले है उन्होंने कहा कि इनके लागू होने से किसानों की आमदनी द्गनी होगी और वो वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से सशक्त होगा शिरोमणि अकाली दल के अलग होने पर उन्होंने कहा कि अकाली दल पंजाब की सियासत का शिकार हआ है और एक दिन उन्हे अपनी गलती का एहसास होगा कन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों का विरोध करके बेवजह किसानों को भड़का रहा है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में भी इन तीनों कानूनों का प्रस्ताव किया गया था उन्होनें कहा कि हरियाणा के पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पंजाब के म्ख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की समिति ने इस पर मुहर लगाई थी और अब वे केवल राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे है करनाल में किसानों ने केन्द्र दवारा किसान हित में उठाये गये कदमों का लाभ लेना शुरू कर दिया है करनाल के हज़ारों किसानों ने किसान उत्पादक संगठन बनाकर खेती के नये य्ग क सूत्रपात किया है और ख्द की ब्रैंड बनाकर वो शहद फल सब्जियों के अलावा जैविक कृषि में नये प्रयोग को अज़ाम दे रहे है

उन्होंने बताया कि वो जैविक खेती पर काम करे रहे है जो आमजन के स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है व किसानों को भी ज्यादा मुनाफा देती है उन्होंने कहा कि बाज़ार में आम उत्पादों की बजाय जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है और अब किसानों के इसका लाभ उठाया चाहिए

उन्होंने बताया कि पूरे देश से उन्हें खरीददार मिल रहे है और संगठन से जुड़े किसान अच्छा मुनाफा काम रहे है कृषि कानूनों का समर्थन करते हये डॉ तोमर ने कहा कि इससे कृषि में नये य्ग की शुरूआत होगी किसानों को इन कानूनों को गहराई से समझ कर इनका लाभ उठाना चाहिए

बापू ने कहा था मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए मानवता सागर के समान है यदि सागर की कुछ बूँदें गन्दी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता हरियाणा में एक अक्तूबर से कपास की खरीद हो रही है

श्री शर्मा ने कहा कि कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्रू पर ही जायेगी सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि सिरसा जिले में सिरसा कालांवाली डबवाली व ऐलनाबाद में कपास खरीद केन्द्र बनाये गये है और इन खरीद केन्द्रों पर कपास खरीद की सारी तैयारियां म्कम्मल कर ली गई है

हरियाणा में एक अक्तूबर से बाजरे की खरीद श्रू हो रही है रेवाड़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि खरीद शुरू होने से पहले सरकार द्वारा बाजरे के समर्थन मूल्य मे की गई वद्धि से किसानों में काफी उत्साह है आकाशवाणी के संवाददाता से बाजरे की खेती करने वाले किसान रती राम लक्ष्मणी नारायण व हिम्मत सिंह ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को लाभ होगा कृषि कानूनों पर उन्होंने कहा कि इससे अब उनहें मंडी के बाहर अधिक भाव मिलेगा तो वे वहां भी अपनी फसल बेच सकेंगे इन किसानों का कहना है कि क्छ राजनीतिक दलों दवारा कृषि कानूनों को लेकर जाने वाला हंगामा किसानों को गुमराह करने वाला है लेकिन जागरूक किसान उनके बहकावे में नहीं आ रहे है

राज्य में स्वस्थ होने वाली मरीज़ो की दर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है

मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला यमुनानगर अम्बाला और सिरसा जिले में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्यु ह्ई है पंचकुला से हमारी संवाददात ने बताया है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग में भी एक कर्मचारी कोविड संक्रमित पाया गया है

मुख्यालय को सैनेटाइज़ किया जा रहा है और कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश दिये गये है केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा है कि कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी अपना कार्य कर रही है और किसान अपने उत्पाद मंडियों में बेच रहे है विपक्ष के उन आरोपों को नकारते हये कि किसान अपने उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे है श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने विभिन्न खादय उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है उन्होंने आशा व्यक्त की पंजाब व हरियाणा के सभी किसान इन मंडियों में अपन उत्पाद बेचने जायेंगे

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने आज यमूनानगर में इस अवसर पर एक साईकिल रैली में भाग लेकर शामिल लोगो को प्रोत्साहित किया